अठहत्तर प्रतिशत मरीजों को उपचार के बाद दी जा चुकी है छुट्टी

सारण और गोपालगंज में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं

प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है पिछले पंद्रह दिनों में स्वस्थ होने की दर चौदह प्रतिशत तक बढ़ी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि वर्तमान में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर अठहत्तर प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से लगभग चार फीसदी अधिक है श्री अमृत ने बताया कि तेरह जिलों में पॉजिटिव मामलों की संख्या दस प्रतिशत से अधिक है जिसे नियंत्रित करने के प्रयास किये जा रहे हैं प्रधान सचिव ने जानकारी दी कि आरटीपीसीआर ट्रू नेट और रैपिड एंटीजन टेस्ट को मिलाकर प्रतिदिन एक लाख पंद्रह हजार से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है अब तक राज्य में बाईस लाख अट्ठाईस हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है बैठक में मुख्यमंत्री ने आरटीपीसीआर जांच को और बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया इधर राज्य में दो हजार चार सौ इकसठ नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख सत्रह हजार छह सौ इकहत्तर हो गयी है वहीं इक्यानवे हजार आठ सौ इकतालीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं इस वैश्विक महामारी से राज्य में पांच सौ अठासी लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित राजधानी पटना में पॉजिटिव मामलों की संख्या में कमी आने लगी है उन्नीस अगस्त को जिले में चार सौ बाईस मामलों की पुष्टि हुई बीस अगस्त को यह संख्या घटकर तीन सौ सड़सठ हो गयी जबकि कल तीन सौ आठ नये मामले पॉजिटिव पाये गए पटना में अब तक अठारह हजार चार सौ दो मामले सामने आ चुके हैं जिनमें पंद्रह हजार एक सौ बत्तीस लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी चुकी है स्वस्थ होने की दर अस्सी प्रतिशत तक पहुंच गयी है एक सौ सोलह लोगों की मौत हुयी है सक्रिय मरीजों की संख्या तीन हजार एक सौ चौवन है पटना स्थित एनएमसीएच में आज से कोविड मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी शुरू होगी प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार ने ये जानकारी दी पटना एम्स में एक बानवे साल की वृद्धा कोरोना से स्वस्थ हुई हैं एम्स के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि एम्स में जिन मरीजों का अब तक इलाज हुआ है उनमें ये सबसे अधिक उम्र की हैं दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल के डॉ बलबीर सिंह ने बताया कि कोविड के एंटीबॉडी टेस्ट में पॉजिटिव आए मरीजों को लगातार सभी सावधानियां बरतनी चाहिए

इस वायरसको अभी तक हम पूरी तरह समझ नही पाये हैं इस वायरस ने सब प्रीडिक्शन्स तोड़ दिये सब कुछ गलत प्रूफ कर दिया डाक्टर्स को डब्ल्यूएचओ कोबहुत आर्गेनाइजेशन्स फेल हुई तो इसलिये अगरकिसी को एंटीबॉडी टैस्ट पॉजिटिव आ जाता है वो ये मत सोचे कि उसको इन्फैक्शन नहीं हो सकता और वो मास्क ना पहने और जहां मर्जीजाये ऐसा नहीं हो सकता राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि नीट और जेईई परीक्षाएं आयोजित करने में शिक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करने के व्यापक प्रबंध किये गये हैं जईई मेन परीक्षा पहली सितम्बर से छह सितम्बर तक और नीट परीक्षा तेरह सितम्बर को करायी जायेगी एनटीए ने बताया कि परीक्षा से पहले और बाद में परीक्षा केन्द्रों को सेनिटाइज किया जायेगा और परीक्षार्थी केन्द्र पर नये मास्क और दस्ताने ले सकेंगे एनटीए ने कानून व्यवस्था और बिजली सप्लाई बनाये रखने परीक्षा केन्द्रों के बाहर लोगों की भीड़ रोकने और परीक्षार्थियों के आसानी से आने जाने की व्यवस्था में राज्य सरकारों से सहयोग मांगा है एजेंसी ने एडमिट कार्ड के साथ परीक्षार्थियों को जरूरी निर्देश और कोविड उन्नीस संबंधी सलाह भी भेजी है एजेंसी ने बताया कि पचहत्तर प्रतिशत से ज्यादा प्रत्याशी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर चुके हैं एनटीए ने ये भी बताया कि नीट और जेईई परीक्षा में बैठने वाले निन्यानवे प्रतिशत से अधिक प्रत्याशियों को उनकी पहली वरीयता वाला परीक्षा केन्द्र आवंटित किया गया है पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है वे अशाोक ल्वासा का स्थान लेंगे जिन्होंने इस सप्ताह के शुरू में इस्तीफा दे दिया था श्री कुमार इस महीने की इकतीस तारीख को श्री ल्वासा के कार्य मुक्त होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे बिहार के दो शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक प्रस्कार के लिये किया गया है सारण जिले के चैनपुर भेंसवारा स्थित मध्य विद्यालय के प्राचार्य अखिलेश्वर पाठक और बेगूसराय जिले करमली वीरपुर उच्च विद्यालय के प्राचार्य संत कुमार सहनी को ये पुरस्कार दिये जायेंगे राज्य के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक एक सहायक और एक एक परिचारी का नियोजन होगा शिक्षा विभाग के अनुसार जिला परिषद और नगर निकायों के माध्यम से होने वाली इस नियुक्ति में विद्यालय सहायक के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट और परिचारी के लिये मैट्रिक रखी गयी है विद्यालय सहायक को प्रतिमाह सोलह हजार पांच सौ और परिचारी को पंद्रह हजार दो सौ रूपये दिये जायेंगे गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी और गंडक नदी के जलस्तर में जारी उतार चढ़ाव से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है गंगा नदी से सबसे अधिक प्रभावित खगड़िया मुंगेर भागलपुर और कटिहार जिले हैं खगड़िया जिले में बाढ़ का पानी परबत्ता और गोगरी प्रखंड के कई गांवों में फैल गया है

खगडिया सदर अंचल के रहीमपुर मध्य दक्षिणी और उत्तरी पंचायत के कई गांव भी बाढ से धिर गये हैं गंगा के जलस्तर में बढोतरी से रामपुर से इटहरी पंचायत जाने वाली भुड़िया दियारा आश्रम और कटघरा सड़क सह पुल पर गंगा के बाढ़ के पानी का दबाव बढ़ गया है इधर जल संसाधन विमाग ने तटबंघों की निगरानी बढ़ा दी है आकाशवाणी समाचार के लिये खगड़िया से प्रमात सुमन मुंगेर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बाढ़ के पानी के दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है दियारा क्षेत्र के साथ साथ तटवर्ती क्षेत्रों में भी पानी का फैलाव तेज गति से हो रहा है

बरियारपुर के तटवर्ती इलाके भी जलमग्न हो गये हैं ग्रामीण सड़कें पानी से डूब गयी हैं शहरी क्षेत्र के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी फैल गया है इधर भागलपुर और पटना से पहुंचे जल संसाधन विभाग के वरीय अधिकारियों ने सिंधिया पंचायत के विभिन्न गांवों का जायजा लिया और स्थानीय अधिकारियों को बाढ़ निरोधात्मक कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया आकाशवाणी समाचार के लिये मुंगेर से श्रीकृष्ण प्रसाद भागलपुर जिले में गंगा और कोसी नदी के उफान से पांच प्रखंडों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है लगभग तिरसठ गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं सबौर कहलगांव और पिरपैंती में कई जगहों पर गंगा नदी की तेज धारा से कटाव जारी है कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा नदी के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है मनिहारी और अमदाबाद प्रखंड के कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुये हैं इधर वाल्मीकिनगर गंडक बराज से आज सुबह लगभग एक लाख बावन हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण नदी के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी की आशंका बनी हुई है नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव से गोपालगंज और सारण जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है गोपालगंज जिले के सिधवलिया और बरौली प्रखंड के कई गांव अब भी टापू बने हुये हैं वहीं बैकुंठपुर प्रखंड की स्थिति में भी कोई सुधार नहीं है प्रखंड के फैजुल्लाहपुर स्थित फ्रंटलाईन पकहां बांध को जल संसाधन विभाग के अभियंताओं ने ठीक कर लिया है छपरा सत्तरघाट रोड और महम्मदपुर मशरक एसएच पर पानी के तेज बहाव के कारण आवागमन अब भी सुचारू नहीं हो सका है इधर सारण जिले में तेज पूरबा हवा ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं ऊंचे स्थानों पर रह रहे लोगों के टेंट तेज हवा में उखड़ गये हैं जिस कारण लोग खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं इधर उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ का पानी अधिकांश क्षेत्रों से उतर चूका है हालांकि लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई हैं मुजफ्फरपुर में स्थितियां अब भी सामान्य नहीं हुई हैं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी जलजमाव के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है समस्तीपुर में बागमती कमला बलान करेह और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में कमी आने से नये इलाकों में बाढ़ के पानी का फैलना रूक गया है समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर रेल परिचालन एक बार फिर शुरू हो गया है सीतामढ़ी शिवहर मध्रबनी किशनगंज मधेपुरा सहरसा और सुपौल जिले में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में भी स्थितियां सामान्य होने लगी हैं प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों से रूक रूककर बारिश का सिलसिला जारी है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि दरभंगा समस्तीपुर मधुबनी सीतामढ़ी सुपौल सहरसा और मधेपुरा समेत आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है इधर मौसम विभाग ने चौबीस और पच्चीस अगस्त को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती सिस्टम के सक्रिय हो जाने से बारिश के अनुकूल स्थितियां बनेंगी इस अवधि में वज्रपात की भी आशंका जतायी गयी है राजस्व ख़ुफिया निदेशालय डी आर आई की टीम ने पटना रेलवे स्टेशन के पास से पंद्रह करोड़ रूपये मूल्य के मादक पदार्थ हेरोईन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है बरामद हेरोईन का वजन तीन किलोग्राम बताया जाता है सूत्रों ने बताया कि हेरोईन की यह खेप मध्य प्रदेश से एक ट्रक के जरिये आयी थी जिसे रक्सौल भेजा जाना था गिरफ्तार तस्कर पूर्व में भी तमिलनाडु में हेरोईन तस्करी के आरोप में सजा काट चुका है पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है गणेश चतुर्थी का पावन पर्व समूचे देश में श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया जा रहा है यह दिन बुद्धि और ऋद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है इस बार कोरोना संकट को देखते हुये राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर गणेश चतुर्थी का आयोजन नहीं हो रहा है लोग अपने घरों में ही प्रतिमा की स्थापना कर पूजा अर्चना कर रहे हैं इधर मिथिलांचल का लोक पर्व चौठ चंद्र भी आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक की अगले वर्ष होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिये पंजीकरण का एक और मौका दिया है छात्र आज से पच्चीस अगस्त तक पंजीकरण करवा सकते हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने चुनाव आयोग द्वारा कोरोना काल में चुनाव कराने के लिये जारी दिशा निर्देशों से संबंधित खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है नये अंदाज में होंगे बिहार चुनाव नामांकन शपथ पत्र ऑनलाइन भरने का विकल्प दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है वोटर को मिलेंगे मास्क ग्लव्स शर्तों के साथ डोर टू डोर प्रचार और रैलियां भी कर सकेंगे नेता दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कोरोना की आरटीपीसीआर जांच बढ़ाने के निर्देश से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने लिखा है केंद्र सरकार को उम्मीद दिसंबर तक आ जायेगी कोरोना की देशी वैक्सीन दैनिक आज की सुर्खी है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत स्थिर राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है सीबीआई ने शुरू की सुशांत केस की जांच

अठहत्तर प्रतिशत मरीजों को उपचार के बाद दी जा चुकी है छुट्टी

सारण और गोपालगंज में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं